स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोविड बुलेटिन के अनुसार राज्य में अब तक एक हजार सात सौ तिरानब्बे लोग स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके है जबकि पांच सौ अस्सी लोगों का इलाज विभिन्न जिलों के कोविड अस्पताल में चल रहा है इसके साथ ही स्वस्थ होनेवाले रोगियों की दर पचहत्तर दषमलव आठ चार प्रतिषत तक पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटे में दो कोरोना संक्रमितों की मौत की पुष्टि हुई है इसके साथ ही राज्य में कोरोना संकमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर चौदह हो गयी है गिरिडीह जिले के बगोदर थाना के बेको गांव की कोरोना संक्रमित एक महिला की रांची रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई गिरिडीह के सिविल सर्जन डॉ अवधेश कुमार सिन्हा ने बताया कि महिला हृदय रोग से पीड़ित थी

इधर साहेबगंज से भी रांची के मेडिका अस्पताल में भर्त्ती एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत की साहेबगंज के उपायुक्त वरुण रंजन ने पुष्टि की है

इस समय देश में दो लाख दस हजार एक र्सौ बीस मरीजों का इलाज चल रहा है

पष्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित चार मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हो गये हैं

जिले में अबतक बानवे प्रतिषत मरीज स्वस्थ हो चुके हैं यहां कल संक्रमितों की संख्या अनठावन थी जिनमें से एक्कावन लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं

इसके तहत आज समाहरणालय परिसर से दो दर्जन से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया हांलाकि उन्हें बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया गया सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने कहा कि बिना मास्क के दोबारा पकड़े जाने पर इन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जायेगी लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से पष्चिमी सिंहभूम लौटे प्रवासी कामगारों को कृषि क्षेत्र में भी रोजगार उपलब्ध कराये जा रहे हैं कृषि विभाग इन प्रवासी कामगारों को उन्नत और वैज्ञानिक तरीके से कृषि करने का प्रषिक्षण दे रहा है जिले के कृषि पदाधिकारी राजेन्द्र प्रसाद ने बताया के जिले में पैतालीस हजार प्रवासी श्रमिक आये हैं बड़ी संख्या में इन कामगारों को कृषि क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया गया है

कृषि कार्य में जुटे प्रवासी कामगार सरकार की ओर से मिल रही सुविधा से संतुष्ट दिख रहे हैं उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना होगा प्रदेष भारतीय जनता पार्टी के दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आज राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से राजभवन जाकर मुलाकात की पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अरूण उरांव के नेतृत्व में राजभवन पहंचे भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने साहेबगंज के भोगनाडीह में हूल कांति के महानायक सिद्दो कान्हू के वंषज की हत्या मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की

साईबर अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव से पांच साईबर अपराधियों को गिरफतार किया है उनके पास से सात मोबाईल फोन सोलह सिम दो एटीएम कार्ड और चार वाहन बरामद किये गये हैं जिले के पुलिस अधीक्षक अंधुमन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों ने साईबर ठगी के माध्यम से अकूत संपत्ति अर्जित की है जिसकी जांच की जा रही है

श्री गोयल ने ट्वीटर पर कहा कि इससे मेक इन इंडिया निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा

यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई आकलन योजना के आधार पर दसवीं और बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मुल्यांकन कर रहा है

हाल ही में सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा की थी ये परीक्षाएं पहली से पन्द्रह जुलाई तक होनी थी

लोगों को हिन्दी और क्षेत्रीय भाषा मुण्डारी में छपे पम्पलेट का वितरण कर कानून की प्री जानकारी दी जा रही है

राजधानी रांची समेत राज्यभर में अगले पांच दिनों तक भारी बारिष का अनुमान व्यक्त किया गया है मौसम विभाग ने इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की है फिलहाल राज्य में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है आज भी पलामू गढ़वा और चतरा समेत कई जिलों में आज रूक रूक कर लगातार बारिष हो रही है मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य के कई जिलों में मॉनसून के दौरान सामान्य से अधिक बारिष हुई है

बस पष्चिम बंगाल जा रही थी

इसके साथ ही जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या छह हो गई है

बैठक की अध्यक्षता पार्टी के प्रदेष अध्यक्ष डॉ रामेष्वर उरांव ने की

समाप्त